वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आज दिन दहाड़े गोली मारकर व्यवसायी और भाजपा नेता गुंजन खेमका की हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि पहले से घात लगाये मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने पासवान चौक के पास व्यवसायी की कार को रोका और उनपर गोलीबारी कर दी इस घटना में गुंजन खेमका की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया वे हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अपनी फैक्ट्री जा रहे थे हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है शुरूआती जांच में पता चला है कि गुंजन खेमका को अज्ञात अपराधियों द्वारा रंगदारी मांगे जाने को लेकर फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही थी गुंजन खेमका जाने माने व्यवसायी और पटना के मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका के पुत्र थे वे भाजपा के लघ उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे पुलिस अधीक्षक एमएस ढिल्लो ने हत्याकांड की जांच के लिये विशेष कार्यबल का गठन किया है इधर हत्या के विरोध में पटना में दवा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी उद्योग मंत्री और जदयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस मामले की तह तक जाकर अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गयी है उन्होंने कहा कि प्रलिस अपराधियों पर अंकृश नहीं लगा पा रही है मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित बिहार सैन्य पुलिस की छठी बटालियन के परिसर में एक बीएमपी जवान ने गोलीबारी कर साथी जवान की हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि कांस्टेबल प्रेमचंद प्रसाद ने आज तड़के गोलीबारी कर एक अन्य बीएमपी जवान मनीष कुमार की हत्या कर दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है एनडीए से हाल ही में अलग होने वाली उपेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो गयी नयी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेता अहमद पटेल ने इसकी घोषणा की इस अवसर पर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव भी उपस्थित थे श्री कुशवाहा ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि जन भावना का सम्मान करते हुए वे महागठबंधन में शामिल हुए हैं लोकसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा के लिये लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली तथा बिहार प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे भाजपा अध्यक्ष के आवास पर लगभग दो घंटे चली इस बैठक के बारे में दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है गौरतलब है कि कल लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी के लिये भाजपा से लोकसभा की सात सीटों की मांग की थी और इसका फैसला इकतीस दिसम्बर तक करने को कहा था इसके बाद दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच आज यह बैठक हई इस बीच जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे सूत्रों ने बताया कि इस दौरान एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर चर्चा होने की संभावना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि एनडीए बिहार में सभी चालीस लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगा उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि एनडीए विपक्ष के मंसूबे को विफल कर देगा और एकजुटता से करारा जवाब दिया जायेगा दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला के दो मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद को उन्नीस जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने ये दोनों मामले दायर किए हैं विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद के न्यायालय में पेश होने के बाद उन्हें यह राहत दी है लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिये जाने के बाद से रांची जेल में बंद हैं बेगूसराय पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ मंझौल स्थित निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में पुलिस ने बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित मंजू वर्मा के घर छापेमारी की थी इस दौरान पूलिस ने घर से पचास कारतूस बरामद किये थे इस मामले में दोनों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बाद दोनों जेल में बंद हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश भेज सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश अगले वर्ष अक्टूबर तक पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त बन जायेगा लोकसभा में एक लिखित उत्तर में पेयजल और स्वच्छता राज्यमंत्री आरसी जिगाजिन्नागी ने बताया कि इस महीने की सत्रह तारीख तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत आठ करोड़ संतानवे लाख से अधिक घरों में शौचालय बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जो यह सुनिश्चित करेगी कि गांवों के लोग शौचालयों का ही प्रयोग करें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने आज राज्यों से संबंधित स्टार्ट अप रैंकिंग की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की है गुजरात इस वर्ष के लिये राज्यों की स्टार्ट अप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला राज्य रहा आंध्र प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी स्टार्ट अप को बढ़ावा देने में अग्रणी रहे कर्नाटक केरल ओडिशा और राजस्थान ने पचासी प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर श्रेष्ठ कार्य किया है इस रैंकिंग में सताईस राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और हथकरघा बुनकरों के परिवारों की महिलाओं को हथकरघा पाठ्यक्रम शुल्क की पचहत्तर प्रतिशत राशि सरकार वापस करेगी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अब तक एक हजार चौंतीस हथकर्घा ब्रनकरों ने पंजीकरण कराया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में फरार चल रहे बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने आज मूजफ्फरपूर स्थित विशेष पोक्सो अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया सीबीआई ने कल जिन इक्कीस आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था उसमें दिलीप वर्मा का नाम भी शामिल है इधर सीबीआई की ओर से दिलीप वर्मा को रिमांड पर लेने के लिये विशेष पोक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी है केन्द्रीय जांच एजेंसी उससे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में पूछताछ करेगी जिससे कई और राज खुलने की संभावना है नालंदा जिले में हिलसा स्थित निचली अदालत ने कोलामा पंचायत की मुखिया प्रनम देवी हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र प्रसाद ने दोषी करार दिये गये बलिराम गोप पप्प् सिंह और संतोष यादव पर बीस बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है